कोरोना संक्रमण के रिकवरी रेट मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा

इस वर्ष जनवरी से लिये गये शुल्क को वापस करने का निर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की लोगों से अपील की है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करना और देश के विकास और आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है साउंड बाईट आत्मनिर्मर भारत अभियान में वर्चुअल गेम्स हों टॉय का सेक्टर हो सबने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ये अवसर भी है जब आज से सौ वर्ष पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने लिखा था कि असहयोग आन्दोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है आज जब हम देश को आत्मनिर्मर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है श्री मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की क्षमता है और हमें बेहतर कल के लिए इसका उपयोग करना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलौना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं श्री मोदी ने यूवाओं से स्टार्टअप कंपनियों से मिलकर काम करने और भारत को खिलौना उत्पादन के प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने की अपील की साउंड बाईट भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौनों के केन्द्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं

लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है गृह उद्योग हो छोटे और लघु उद्योग हों एमएसएमई डैडें हों इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैंद्य इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी उन्होंने कोराना संकट के दौरान किसानों की भूमिका की सराहना की श्री मोदी ने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है जिससे प्रत्येक जिले की फसलों और उनके पोषण मूल्य की पूरी जानकारी मिल सकेगी श्री मोदी ने कहा कि यह समय उत्सव का है और कोरोना के संकट के बावजूद लोग पर्व और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम कर रहे हैं श्री मोदी ने पश्चिम चंपारण में थारू जनजाति द्वारा मनाये जाने वाले बरना की भी चर्चा की प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से सुधार हो रहा है पिछले चौबीस घंटे में दो हजार दो सौ इकतीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई रिकवरी रेट में बिहार देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है प्रदेश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर सतासी प्रतिशत हो गयी है जो राष्ट्रीय औसत से दस प्रतिशत अधिक है स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में एक लाख सात हजार सात सौ तीस सैम्पलों की जांच की गयी इनमें सिर्फ दो हजार अठहत्तर लोग कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं सबसे अधिक दो सौ तिरपन मामले पटना जिले से सामने आये हैं मध्रबनी से एक सौ सोलह सहरसा से एक सौ बारह बेगूसराय से एक सौ दो अररिया से एक सौ एक और पूर्णिया से एक सौ मामले पॉजिटिव पाये गये हैं वहीं बेगूसराय से नवासी मुजफ्फरपुर से चौरासी पूर्वी चंपारण से अस्सी भोजपुर से उनासी पश्चिम चंपारण से अठहत्तर औरंगाबाद से चौसठ समस्तीपुर से छप्पन और रोहतास से पचास लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं अन्य जिले से भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आये हैं वहीं अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख सत्रह हजार तीन सौ पांच हो गई है मृतकों का आंकड़ा बढ़कर छह सौ अठासी हो गया है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रंखला में कोविड उन्नीस के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने कहा कि लोगों को मास्क पहनते हुए सावधानी बरतनी चाहिए और इसे उचित तरीके से पहनना चाहिए

अगर हम कई दफा ये देखते है कि मास्क आधा अधूरा रह जाता है या तो मास्क से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है या मुंह में मतलब ठोडी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क ये गलत तरीका है और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें अगर वो कपड़े का है तो उसे धोकर सुखाकर दोबारा इस्तेमाल करें और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है डॉक्टर सेन ने कहा कि अगर कोई संक्रमित होता है तो उसे इस बात को छिपाना नहीं चाहिए बाईट आप जानते है कि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो आप छिपाने से न केवल अपने आप अस्वस्थ होंगे लेकिन आपके स्वजन परिवार में आपके आस पड़ोस में जो है इनको आप इनके लिए एक डेन्जर्स करेंगे तो इससे सबसे बड़ी बात है कि निडर होकर के सामने आए जब भी हमारे सिमटम्स जो कि ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया में और सभी माध्यम में हमें मालूम हो गया है कि जब ये आये तो हम स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचे हम बताए और इसका हम टैस्टिंग कराए और जो भी डॉक्टर साहब का कहना है वो मानते हुए चले आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों की अब उनकी स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग की जायेगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने निर्देश जारी करते हुये कहा कि देशभर में तेईस हजार से अधिक अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पैनल में शामिल किया गया है इनमें से बारह हजार आठ सौ अट्ठाईस सरकारी और दस हजार से अधिक निजी अस्पताल हैं निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सभी निर्वाचन कर्मियों के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है साथ ही मास्क के अलावा कोरोना संबंधी सामान को एक स्थान पर फेंकने के लिए सभी ब्रथों पर डस्टबिन भी रखने का निर्देश दिया है राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यलय स्तर पर कोरोना को लेकर त्रिस्तरीय कार्य योजना में इन निर्देशों को शामिल किया गया है आयकर विभाग ने इस वर्ष से रूपे कार्ड और भीम यूपीआई से लेन देन पर बैंकों से शुल्क नहीं वसूलने का निर्देश दिया है विभाग ने बैंकों से कहा है कि पहली जनवरी से अब तक इस लेन देन में वसूला गया शुल्क ग्राहकों को वापस करे साथ ही भविष्य में ऐसे लेन देन पर आयकर विभाग ने शुल्क नहीं वसूलने के निर्देश दिये हैं केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इलेक्टॉनिक माध्यमों से लेन देने में शुल्क लेने और नहीं लेने से संबंधित आयकर कानून के संबंध में बैंकों को सर्कुलर जारी किया है इधर कोरोना संकट के दौर में खुदरा लोन ग्राहकों को ईएमआई भुगतान स्थगित रखने की जो छूट मिली थी वह आज समाप्त हो रही है केन्द्र सरकार ने सभी विभागों को तीस साल से अधिक का कार्यकाल प्रा कर चुके सभी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा करने को कहा है कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार इसके बाद इनमें से अक्षम और भ्रष्ट कर्मचारियों की पहचान करके उन्हें स्थायी रूप से रिटायर करने को कहा गया है कार्मिक मंत्रालय के आधिकारीक सुत्रों ने बताया कि कर्मचारियों के काम काज की समीक्षा सेन्ट्रल सिविल सर्विस नियम के तहत की जायेगी जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी अधिकारी की आयु पचास से पचपन वर्ष होने और उनके सेवाकाल के तीस साल प्ररा होने के बाद उन्हें किसी भी समय सेवा निवृत किया जा सकता है पटना स्थित मीठापूर महली सड़क का निर्माण विधानसभा चूनाव से पहले शुरू होगा यह सड़क फोर लेन क्लोज सर्किट कॉरिडोर के रूप में पटना गया बिहारशरीफ और बख्तियारपुर सहित कई मार्गों से जुड़ेगी राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने बताया कि इस योजना पर आठ सौ सोलह करोड़ रूपये से अधिक की राशि खर्च की जायेगी राज्य में नई नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गयी है सितम्बर के पहले सप्ताह में राज्य सरकार रिक्तियां विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भेज देगी इसके बाद आयोग की ओर से विज्ञान जारी किया जायेगा राज्य विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष राजवर्द्वन आजाद ने बताया कि विज्ञापन से लेकर रिजल्ट जारी करने और नियुक्ति की अनुशंसा तक सभी प्रक्रिया ऑनलाईन ही की जायेगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से प्रनर्परीक्षा नौ से इक्कीस सितम्बर तक आयोजित की जायेगी समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि यह परीक्षा ऑनलाईन ली जायेगी परीक्षा में शामिल होने के लिए पटना के अलावा भोजपूर नालंदा पूर्णियां औरंगाबाद समेत राज्य के बारह जिलों में परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं पश्चिम चम्पारण जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत दरियापुर गांव में देर रात बिना अनुमति के मुहर्रम जुलूस निकालने पर पुलिस ने चालीस लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है इस दौरान कई वाहनों सहित अन्य समानों को जब्त किया गया है दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कमजोर पड़ने से राज्य में मौसम शुस्क हो गया है पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है पटना का अधिकतम तापमान पैंतीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक संजय कुमार ने बताया कि अगस्त महीने में सामान्य से पच्चीस फीसदी कम बारिश हुई है और अगले एक सप्ताह भी बारिश की उम्मीद नहीं है इधर बारिश नहीं होने से धान के फसल को नुकसान होने की आशंका है वहीं सब्जियों की कीमत में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है सोने में निवेश के इच्छुक निवेशकों के लिए स्वर्ण बांड योजना आज से शुरू हो रही है जो चार सितंबर तक चलेगी केंद्रीय बैंक ने इस बार स्वर्ण बॉन्ड योजना के तहत प्रति ग्राम पांच हजार एक सौ सत्रह रुपये रखा है योजना के तहत खरीदे जाने वाले सोने की मात्रा पर डिजिटल भुगतान करने पर पचास रुपये प्रति दस ग्राम की छूट मिलेगी न्यूनतम एक ग्राम की खरीद योजना के तहत की जा सकती है सोने की खरीद बैंक बीएसई एनएसई की वेबसाइट अथवा डाकघर से कर सकते हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान अखबार का शीर्षक है प्रधानमंत्री ने रेडियो कार्यक्रमण मन की बात में कहा आत्मनिर्भर भारत बनने में लोकल खिलौंनों की बड़ी भूमिका होगी दैनिक जागरण की सुर्खी है अक्षम व भ्रट सरकारी कर्मियों की छंटनी करेगी केन्द्र सरकार राजभवन की ओर से नई नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद प्रभात खबर प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखता है असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति का विज्ञापन एक सप्ताह में दैनिक भास्कर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खबर को अपने शीर्षक बनाते हुये लिखा है रिया से फिर प्रछताछ सुशांत की मौत के सात दिन पहले की हर घटना पर मांगा जवाब आज अखबार लिखता है खुलेंगे संसाधन केन्द्र बहाल होंगे विशेष शिक्षक

कोरोना संक्रमण के रिकवरी रेट मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर पहुंचा

इस वर्ष जनवरी से लिये गये शुल्क को वापस करने का निर्देश